प्रदेशभर में आज जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है

इनके तहत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर बढ़ा हुआ सरचार्ज वापस ले लिया है और बजट से पहले की स्थिति बहाल कर दी गई है घरेलू निवेशकों पर लगने वाला सरचार्ज भी वापस ले लिया गया है कल नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि पूंजी बाजार में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने हाल के बजट में शेयरों और युनिटों के अंतरण से होने वाले अल्पावधि और दीर्घावधि पृंजी लाभ पर बढ़ाए गए सरचार्ज को वापस लेने का फैसला किया है करों से संबंधित सभी आदेश और नोटिस अब केंद्रीकृत और कम्यूटरीकृत प्रणाली के जरिये भेजे जाएंगे ताकि करदाताओं को किसी तरह की परेशानी न हो

वित्त मंत्री ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर बढ़े हुए सरचार्ज को भी वापस लेने की घोषणा की है

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों के लिए आंशिक ऋण योजना के तहत एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

उन्होंने कहा कि कंपनियों द्वारा अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का उल्लंघन करने को अब दिवानी मामला माना जाएगा

वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार ने ऑटो क्षेत्र में मांग बढ़ाने और आवास ऋण सस्ते करने के लिए भी कदम उठाए हैं वित्तमंत्री ने बताया कि अत्यधिक अमीर लोगों पर सरचार्ज वापस लिए जाएंगे सरकार ने स्टार्टअप और उनमें निवेश करने वालों के लिए एंजेल टैक्स के प्रावधानों को हटाने का भी फैसला किया है मोटर वाहन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकारी विभागों में पुराने वाहनों के स्थान पर नए वाहन खरीदने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है

केन्द्र ने दालों और खाद्य तेल की उचित कीमत पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाये हैं खाद्य और उपभोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ दिनों से दलहन और खाद्य तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी पर निगाह रखें हुए हैं उन्होंने बताया कि नेफेड के जरिए खरीदे गए दलहन और तिलहन के भंडारों को तत्काल बाजार में उपलब्ध कराने के लिए कृषि मंत्रालय से कहा गया है

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के सम्पूर्ण नेटवर्क और आकाशवाणी की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट आई एन पर उपलब्ध रहेगा झालावाड़ जिला परिषद की बैठक कल जिला प्रमुख टीना भील की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में जिला कलेक्टर सिद्वार्थ सिहाग ने सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त कमरों के निर्माण उनकी मरम्मत और चारदिवारी के निर्माण जैसे कार्यो को विधायक निधि से करवाने में शिक्षा विभाग को सहयोग देने का आग्रह किया बैठक में अतिवृष्टि के कारण गंगधार और डग क्षेत्र में खरीफ फसल खराबे का मुआवजा संबंधित किसानों को दिलवाने के लिए कृषि अधिकारियों और पटवारियों से सर्वे करवाने की बात की गई

बैठक में उद्योग और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे मुख्य सचिव ने बैठक में कहा कि कपड़ा उद्योग राज्य में रोजगार सुजन की दृष्टि से सर्वोधिक सम्भावनाओं वाला क्षेत्र है राज्य का कपड़ा उद्योग पूरी दुनिया में विशिष्ट पहचान रखता है इस उद्योग को बढ़ावा देना और उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है मुख्यमंत्री की पहल पर प्रदेश के कपड़ा उद्यमियों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं का हल खोजने के लिए यह बैठक आयोजित की गई है बैठक में पाली बालोतरा जोधपुर भिवाड़ी भीलवाड़ा किशनगढ़ और जयपुर के कपड़ा उद्योग संघों के प्रतिनिधियों ने कपड़ा उद्योग की समस्याओं से अवगत कराया उन्होंने बिजली की दरें तर्कसंगत करने कैप्टिव पॉवर प्लांट से इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी समाप्त करने और सोलर पॉवर से शत प्रतिशत विद्युत उपयोग की अनुमति देने का आग्रह किया उद्यमियों ने जोधपुर पाली और बालोतरा क्षेत्र में एनजीटी के आदेशों के बारे में अधिकारियों को बताया उन्होंने एनजीटी के आदेशों की पालना और प्रदूषण नियंत्रण के लिए राज्य सरकार से सहयोग मांगा

श्रीगंगानगर के जिला अस्पताल में टैली रेडियोलाजी की सुविधा कल से शुरू हो गई पीएमओ डॉ के एस कामरा ने बताया कि मरीजों को बेहतर जांच सुविधा मुहैया कराने के लिए एक्सरे मशीनों की रिपोर्ट टैली रेडियोलाजी के जरिए देनी शुरू की गई है यह रिपोर्ट सामान्य एक्सरे रिपोर्ट से अधिक विश्वसनीय होगी और मरीज को निःशुल्क दी जाएगी

इन बच्चों ने विधानसभा अध्यक्ष से विधानसभा की संसदीय कार्य प्रणाली की जानकारी प्राप्त की और विधानसभा भवन का अवलोकन भी किया गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष की पहल पर राजसमन्द के आदिवासी बच्चों के लिए नाथद्वारा भारत दर्शन योजना आरम्भ की गई है योजना का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्र के गरीब विद्यार्थियों को पर्यटन स्थलों का भ्रमण करवाते हुए पढ़ाई के साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़ना है राजस्थान उच्च न्यायालय ने इंडियन नर्सिंग कौंसिल को राजस्थान प्राइवेट नर्सिंग स्कूल्स एंड कॉलेजेज फैंडरेशन से जुड़े नर्सिंग कॉलेजों के निरीक्षण से रोकते हुए छह सप्ताह में जवाब तलब किया है न्यायाधीश दिनेश मेहता ने फैडरेशन की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश दिए

प्रदेशभर में आज जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर विभिन्न कृष्ण मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है

राजसमंद जिले के नाथद्वारा में श्रीनाथजी मंदिर में मंगला दर्शन में श्रीनाथ जी को पंचामृत स्नान कराया गया करौली के राधा मदन मोहन जी महाराज के मंदिर में श्रद्वालुओं की भीड़ उमड़ रही है

्रदेशभर में आज जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है